ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित है तथा इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे लगाए गए हैं सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होगी इनमें अनारक्षित डिब्बे नहीं होगें इन रेलगाड़ियों के टिकिटों की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाईल एप के जरिए की जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि बाद आज जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची

इस दौरान एक स्थान पर कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया कृषि विभाग को विराटनगर के पास टिड्डी दल होने की जानकारी मिली

कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण संगठन की टीमों ने स्थानीय काश्तकारों के सहयोग से ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया

इस बीच कल शाम जैसलमेर में भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे का शिकार हुए कार में सवार यह लोग लांडनू से झुंझनू जा रहे थे इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक से कार टकरा गई उधर उदयपूर में अहमदाबाद हाईवे पर प्रतापनगर बलीचा बाईपास पर एक ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई हादसे के दौरान ट्रेलर में आग लगने से चालक जिंदा जल गया वहीं घायल हुए खलासी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है आज विश्व दुग्ध दिवस है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि आज का दिन वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करता है और डेयरी क्षेत्र के योगदान को याद करता है श्री नायडू ने भारत को दूग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए सभी मेहनती किसानों और विशेष रूप से महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने भी अपनी ओर से शुभकामनाए देते हुए एक ट्वीट के जरिए कहा कि भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने के साथ उपभोक्ताओं में भी शामिल है उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की उपलब्धि वास्तव में प्रशंसनीय है प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए डीडी राजस्थान चैनल पर आज से शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की गई है

मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज ज्यादातर जिलों में धूलभरी तेज हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई हैं